आकाशवाणी के एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से समाज में सकारात्मकता को प्रोत्साहन मिला है प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम शुरू करते समय ही उन्होंने निश्चय किया था कि इस कार्यक्रम में राजनीति के बजाय सामाजिक चर्चा की जाएगी कल मनाए जाने वाले संविधान दिवस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये उन महान विभूतियों को याद करने का एक अवसर है जिन्होंने व्यापक और विस्तृत संविधान दिया उन्होंने लोगों से अपील की कि वे संविधान में निहित मूल्यों को आगे बढ़ाएं और देश में शांति प्रगति और खुशहाली के प्रयास करें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि रोहडू क्षेत्र के चांशल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा रोहडू में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए पर्याप्त अधोसंरचना उपलबध कराएगी ताकि अधिक संख्या में साहसिक और बर्फ खेल प्रेमियों को आकर्षित किया जा सके उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव से कार्य कर रही है और समग्र व संतुलित विकास पर ध्यान दिया जा रहा है

नाहन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार जलाल पुल की रेलिंग तोड़ते हुए बस के नदी में गिरने से ये हादसा हुआ है गम्मीर रूप से घायल लोगों को नाहन मैडिकल कॉलेज जबकि अन्य घायलों को ददाहू अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है

ये बस दिल्ली की है और ये पर्यटक जुन्गा से चायल घूमने जा रहे थे

निगम के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने परियोजना को समबद्व पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि इससे परियोजना प्रभावित क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी उन्होंने एसजेवीएन में विश्वास जताने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्य सरकार का आभार जताया है वीरेन्द्र कंवर राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्षयरोग पीड़ित गरीब व्यक्तियों को सस्ता राशन योजना में शामिल करेगी ऊना ज़िले के बंगाणा में आज एक कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इस कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में राजपूत समुदाय का विशेष योगदान रहा है नाहन में आज राजपूत विकास मंच के एक समारोह में उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्वा देश की रक्षा के लिए आजीवन संघर्षरत रहे लेकिन उन्होंने गुलामी के साथ कभी समझौता नहीं किया मारकण्डा कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने लाहौल घाटी के हिंसा में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण किया

उन्होंने त्रिलोकनाथ में आयुर्वेदिक अस्पताल की आधारशिला रखी और जनसमस्याएं भी सुनीं इससे पहले उदयपुर में किसान मेले में मारकण्डा ने कहा कि घाटी के किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम दिलाने का प्रयास किया जाएगा रक्तदान शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर कुपवी विद्यार्थी कल्याण संघ ने आज रक्तदान शिविर लगाया

उन्होंने कहा कि समाज सेवा के उद्देश्य से संघ द्वारा समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं सुक्खू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने सिरमौर ज़िले के राजगढ़ में आज लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा एक जनसभा में उन्होंने केन्द्र सरकार पर हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधी मांग पूरा न करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को ये मांग जल्द पूरी करनी चाहिए